यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वहां के नेताओं के साथ आपसी बैठक और शिष्ट मंडल स्तर की वार्ता करेंगे इसके अलावा श्री मोदी की कारोबारी और भारतीय समुदाय के साथ भी बैठकें होंगी आसियान के तीन देश इंडोनेशियामलेशिया और सिंगापुर भारत के महत्वपूर्ण भागीदार हैं गृह मंत्रालय सुरक्षा केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि चार साल पहले नरेन्द्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश के सुरक्षा परिदृश्य में ऐसे सुधार हुए हैं जो स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं मंत्रालय ने कहा कि आतंकवादियों के विरूद्व लगातार कार्रवाई और संविधान का सम्मान करने वाले उग्रवादी ग्रंटों के साथ बातचीत के कारण ऐसा संभव हुआ है मोदी सरकार के चार साल पूरे होने के एक दिन बाद जारी पुस्तिका केंट्री फर्स्ट में गृह मंत्रालय ने कहा है कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू कश्मीर तथा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और तटीय क्षेत्रों में विकास में गति लाने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं

इनमें आतंकवादियों उग्रवादियों और घुसपैठियों पर लगातार कड़ी कार्रवाइयां शामिल हैं कौशल पंचायत युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय पर कौशल और रोजगार पंचायत का आयोजन किया जा रहा है जिलों में रोजगार मेले भी लगाए जा रहे हैं झाबुआ में कल मेला संपन्न हो गया

इसके अलावा प्रदेश अन्य जिलों में ज्न महीने में रोजगार मेलों को आयोजन किया जायेगा

हायर सेकण्डरी के समस्त विषयों की प्रक परीक्षा तीन जुलाई को प्रातः नौ से दोपहर बारह बजे तक आयोजित की जायेंगी जबकि हाईस्कल प्रक परीक्षा विषयवार अलग अलग दिवसों में चार जुलाई से प्रारंभ होंगी प्रायोगिक विषय में पूरक पात्र छात्रों की परीक्षा उसी दिन सुबह सैद्वांतिक प्रश्नपत्र संपन्न होने के बाद अपरान्ह केन्द्राध्यक्षो द्वारा संपादित की जायेगी तिथि एवं समय में विशेष परिस्थिति में मंडल आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकेगा पूरक के पात्र उन्हीं छात्रों को प्रवेशपत्र जारी किया जायेगा जिन्होंने ने नियत तिथि के पूर्व परीक्षा शुल्क जमा कर दिया हो स्नूकर ग्वालियर में आज से मेयर्स कप अखिल भारतीय आमंत्रण महिला रेड स्नूकर प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी

दो लाख रुपये इनामी राशि की ये प्रतियोगिता लीग कम नॉकआउट आधार पर होगी मौसम राजस्थान की और से आ रही गर्म हवाओं के कारण पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है

वहीं मालवा निमाड़ महाकौशल विंध्य ग्वालियर चम्बल और बुन्देलखण्ड में भी तेज गर्मी पड रही है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी एक दो दिन मौसम के ऐसे ही रहने की सम्भावना है हालांकि पिछले चौबीस घण्टों के दौरान कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान में मामूली सी गिरावट दर्ज की गई इस बीच मौसम विभाग ने कल मानसून के केरल पहुंचने की संभावना व्यक्त की है

सतना जिले के मझगंवा थाना क्षेत्र जीप की टक्कर से मोटर साइकल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई